मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन नगर निगम के मामले में कांग्रेस पर लोगों को बहकाने का लगाया आरोप भाजपा ने सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर जारी किया संकल्प पत्र और राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है एक रिपोर्ट मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देशभर में सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहत से लोगों ने टीके लगवाए हैं उन्होंने कहा कि ब्रजूर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने पिछले वर्ष पहली बार जनता कपर्यू शब्द सुना और इस दौरान लोगों ने अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढाने के लिए परम्परागत कृषि के साथ नए विकल्पों को अपनाने की जरूरत पर भी बल दिया

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज नगर निगम सोलन में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने नगर निगम का दर्जा देकर सोलन को उसका जायज हक दिया है और जन भावनाओं का सम्मान किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सोलन को नगर निगम के जायज दर्जे से वंचित रखा उन्होंने कांग्रेस पर नगर निगम के मामले में लोगों विशेषकर ग्रामीणों को बहकाने का आरोप लगाया

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सोलन जैसे बढ़ते शहरों के लिए केन्द्र सरकार से विशेष धनराशि की मांग की जाएगी संकल्प पत्र भाजपा ने सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन में ये संकल्प पत्र जारी किया सोलन चुनाव प्रभारी राजीव बिंदल ने बताया कि संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार मुक्त बेहतर प्रशासन देते हुए सोलन का सर्वागीण विकास करने का लक्ष्य तय किया गया है उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के लिए एक नई पेयजल योजना बनाई जाएगी सोलन के समीप खेल मैदान व सभागार सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने का उल्लेख किया गया है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के अनुमोदन पर पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मण्डी सोलन पालमपुर और धर्मशाला चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं कौल सिंह ठाकुर को मण्डी धनीराम शांडिल को सोलन बृज बिहारी लाल बुटेल को पालमपुर जबकि सुधीर शर्मा को धर्मशाला की ज़िम्मेवारी सौंपी गई है भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना महामारी के खिलाफ सजगता से लड़ाई लड़ रहा है शिमला के समीप भराड़ी में मन की बात कार्यक्रम सुनने के दौरान उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने समीरपुर में कार्यक्रम सुनने के बाद कहा कि सरकार की महिला सशक्तिकरण की योजनाओं से आज नारी हर क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रही है कृषि मंत्री कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना ज़िले में सामूहिक कार्यक्रमों में लापरवाही के चलते कोरोना मामलों में वृद्धि हो रही है ऊना में एक बैठक में उन्होंने कहा कि मामलों की रोकथाम के लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए होली रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को होली उत्सव की बधाई दी है राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार भाईचारे की भावना को सुदृढ़ कर देश की एकता व अखण्डता को और मज़बूती प्रदान करेगा अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनज़र लोगों से होली का त्योहार सार्वजनिक रूप से न मनाकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मनाने का आग्रह किया केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं कुल्लू होली उधर कुल्लू ज़िले में कोविड दिशा निर्देशों के तहत होली का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

रात के समय भगवान रघुनाथ जी को उनके मंदिर से बेहड़े में लाया जाएगा और होलिका दहन की रस्म पूरी की जाएगी हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि का क्रम लगातार जारी है

उत्सव लाहौल स्पीति ज़िले में मनाए जा रहे स्नो फैस्टिवल की कड़ी में घाटी के खंगसर महल में आज गुंछोद का आयोजन किया गया गुंछोद क्षेत्र का एक मुखौटा उत्सव है इसके तहत परम्परागत शरदकालीन मुखौटा नाट्य नृत्य पेश किया गया इस दौरान उपायुक्त पंकज राय बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे